इस योजना के तहत पांच करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम पैंशन देकर उनका जीवन सुरक्षित बनाया जायेगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सामान्य दस्तोवज पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया लैंड रिकॉर्ड के ऑनलाईन पंजीकरण का ये कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर सर्वप्रथम शिमला शहरी और कुमारसैन तहसील में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रक्रिया से राज्य में शीघ्र पंजीकरण के साथ ऑनलाईन मूल्यांकन और भूगतान की प्रक्रिया शुरू होगी उन्होंने कहा कि इस पायलट प्रोजैक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से जुड़े विवादों को प्रभावी तरीके से निपटाने और राजस्व संबंधी मुकद्दमों में कमी लाने में भी ये प्रणाली मील का पत्थर साबित होगी उन्होंने पहली कंप्यूटरीकृत भूमि पंजीकरण की प्रति भी भूमि मालिक राकेश कुमार और मीना को प्रदान की निर्देश प्रदेश सरकार ने राज्य के बागवानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए कहा कि ये दिशा निर्देश आढ़तियों द्वारा सेब उत्पादकों के साथ की जा रही धोखाधड़ी रोकने के मकसद से जारी किए गए हैं प्रवक्ता ने कहा कि बागवानों को अपने उत्पाद को आढ़ती के लाइसेंस की प्रमाणिकता जांच कर ही सेब बेचने चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आढ़ती पुलिस द्वारा सत्यापित है उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब दलाई के लिए पंजीकृत ट्रांसपोर्ट यूनियनों के वाहनों का ही उपयोग करना चाहिए प्रवक्ता ने बागवानों को सेब का ऑनलाईन भुगतान करने की भी सलाह दी है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि जल संरक्षण को तुरंत जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल का संरक्षण किया जा सके मारकंडा आज कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के सूरजपुर में आयोजित किसान मेले के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भू जलस्तर काफी नीचे चला गया है जो चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस ओर कारगर कदम नहीं उठाए गए तो निकट भविष्य में इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे मारकंडा ने जल संरक्षण अभियान के प्रयासों में पहाड़ी राज्यों में इंदौरा ब्लॉक के प्रथम आने पर खुशी जताई और इंदौरा में सब्ज़ी व अनाज मंडी खोलने की घोषणा की विक्रमादित्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रूपये और देश की जीडीपी में भारी गिरावट पर चिंता जताई है और कहा है कि ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि देश आज आर्थिक मंदी से त्रस्त है बड़े बड़े औद्योगिक घराने बड़े स्तर पर कामगारों की छंटनी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में एक तरफ मंहगाई का दौर और दूसरी ओर बेरोज़गारी का बढ़ना चिंता का विषय है विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा में आरोप पत्र को लेकर मचे घमासान पर कहा कि उसका ग्राफ गिरना शुरू हो गया है उन्होंने सरकार पर इस मामले पर लीपापोती का आरोप भी लगाय और कहा कि इस आरोप पत्र का आने वाले दो उपचुनाव पर साफ असर दिखेगा अनंत चतुर्दशी आज अनंत चतुर्दशी का त्योहार ध्रमधाम से मनाया गया इस मौके पर प्रदेश की विभिन्न नदियों और सरोवरों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया दस दिनों की पूजा के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन लोगों ने गणपति बप्पा को घरों से विदा किया राजधानी शिमला में अनंत चतुर्दशी के मौके पर सुन्नी तत्तापानी में सतलुज नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व विधायक व पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिवंगत जयकिशन शर्मा के हरोली स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंच कर उन्हें श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की मुख्यमंत्री ने पंडित जयकिशन शर्मा के निधन को परिवार समाज और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और अन्य भाजपा नेता भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे